केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भरता के लिए ए दी जा रही वित्तीय सहायता और नीतिगत उपायों की अंतिम किश्त का ख्लासा किया है आज नई दिल्ली में मीडिया को सम्बोधित करते हये वित्तमंत्री ने सात क्षेत्रों मनरेगा स्वास्थ्य और शिक्ष कोविड के दौरान व्यापार कंपनी अधिनियम लागू करने व्यापार को सरल बनाने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों बारे नीति राज्य सरकार और इससे सम्बधित संस्थानों में शांचागत स्धारों को घोषणा की है इस पैकेज की पांचवी किस्त् का विवरण देते हये श्रीमती सीतारमन ने कहा कि इन स्धारों से ज़मीनी स्तर से अधिक गतिविधियों को बढ़ाया मिलेगा

उन्होंने कहा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संभाल केन्द्रों में वृद्वि की जायेगी केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय डिजीटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजीटल स्वास्थ्य खाका लागू किया जायेगा वित्तमंत्री ने कहा कि डिजीटल ऑनालाइन शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री ई विदया कार्यक्रम त्रंत लागू किया जायेगा और इसमें सभी कक्षाओं की पाठ्य प्स्तकें शामिल की जायेगी उन्होंने कहा कि पहली से बारहवी कक्षा तक शिक्षा के लिए एक टी वी चैनल चलाया जायेगा और रेडियो एंव सामूदायिक रेडियो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जायेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वितमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा आज घोषित किये गये उपायों और स्धारों का देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर गतिशील प्रभाव पड़ेगा श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि ये उद्यमियों प्रोत्साहित करेगा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की मदद और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा उन्होंने कहा कि इस मे राज्यों में वित्तीय सुधारों को भी बल मिलेगा

श्री जावड़ेकर ने एक टवीट में कहा कि पैकेज में अर्थव्यवस्था के हर पक्ष का छुआ गया है और इसमें समाज के सभी वर्गो के लिए क्छ न क्छ है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार सरकार द्वारा की गई घोषणायें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करेगी

आज फरीदाबाद में कोरोना संक्रमित मरीज़ की मृत्यु भी हुई है

सभी को पीजीआई में भर्ती किया गया है

हरियाणा से प्रवासी श्रमिकों केा उनके गृह राज्यों में भेजे जाने का सिलसिला आज भी जारी रहा

संवाददाता ने बताया कि जाते वक्त श्रमिकों ने तालियां बजाकर व हाथ हिला कर अपनी ख्शी का इज़हार किया

उपाय्क्त ने बताया कि आज पिलखनी से जो बसे लौटाई गई है इन श्रमिकों केा जगाधरी रादौर और यमुनानगर में बने राहत शिविरों में रखा गया है

एसडीएम राकेश संधू ने कहा कि श्रमिकों को पहुंचनेपर पंचकूला के राहत शिविर में रक्षा जायेगा

अम्बाला के सिविल सर्जन डॉ क्लदीप ने बताया कि ये प्रयोगशाला दो दिन में काम करना श्रू कर देगी उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला के लिए लगभग सभी मशीने अम्बाला पहुंच गई है

हरियाणा सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों और खेतीहार मजदूरों को निशुल्क उनके ग़ह राज्यों में भेजने की घोषणा के बाद अब तक एक लाख साठ हजार तीन सौ से अधिक श्रमिकों को विशेष श्रमिक रेलगाड़ी और बसों के माध्यम से उनके गृह राज्यों में भेजा गया है एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हये कहा कि राज्य सरकार इच्छुक प्रवासी श्रमिकों को उनके ग़ह राज्यों में पहुंचाने के लिए प्रतिबद्व है उन्होंने बताया कि आज भी तीन विशेष श्रमिक रेलगाडियां बिहार जा रही है गुरूग्राम से एक गाड़ी श्रमिकों को लेकर गई है और एक अन्य रेलगाड़ी जा रही है इसी तरह पानीपत से भी एक श्रमिक रेलगाड़ी जा रही है

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ग्र्जर ने प्रवासी श्रमिकों को अपने राजयों में पैदाल न जाने की अपील की है उन्होंने आज जगाधरी में प्रवासी श्रमिकों से मुलाकात की जिस दौरान उन्हें पता चला कि पंजाब हिमाचल व चंडीगढ़ से प्रवासी श्रमिक यम्नानगर के रास्ते पैदल ही बिहार व उत्तर प्रदेश जा रहे है शिक्षा मंत्री ने उन्हें पैदल न जाने की सलाह देते हये कहा कि कि वे जहां पर है वहीं रूक जाये सरकार उनके साथ खड़ी है जल्द ही उद्योग शुरू होंगे तो उन्हें काम मिल जायेगा लेकिन फिर भी अगर वे अपने गांव जाना चाहते है तो हरियाणा सरकार के पोर्टूल पर अपना पंजीकरण करवायें